सार्वजनिक परिवहन को बंद रखने व निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही चलाने की अनुमति दी गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों क्षेत्रीय अस्पतालों और कोविड समर्पित अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि मंडी जिले के भंगरोट् में मेक शिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार है और इस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं टीकाकरण हिमाचल प्रदेश टीकाकरण में देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज सबसे ज्यादा है कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में कोविड टीकाकरण के साथ साथ अन्य टीकाकरण गतिविधियों को जारी रखा गया है

डीआरएम राजेश अग्रवाल ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक रेल सेवाएं बंद रहेंगी हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर कोरोना कर्फ्यू में आज से और सख्ती किये जाने संबंधी खबर अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में लॉकडाउन जैसी सख्ती आज से एनएच पर खुले रहेंगे रेस्तरां और ढाबे दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आज से बंदिशों में हिमाचल कोरोना संकमण की चेन तोड़ने को सभी जिलों ने जारी किए अपने अपने आदेश

दैनिक जागरण लिखता है आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को छूट बसें टैक्सी बंद पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा हिमाचल दस्तक का कहना है आज से तीन घंटे ही खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार कोरोना महामारी का कहर हिमाचल में आज से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद आपका फैसला के मुताबिक सख्त बंदिशें लगने से पहले मैहतपुर बॉर्डर पर पहुंचे हजारों वाहन जबकि दैनिक भास्कर का शीर्षक है इंडस्ट्रीयल एरिया में कामगार कर्मचारी व उद्योगपति अपने काम पर आ जा सकेंगे पहचान पत्र रखना होगा साथ

आपका फैसला के शब्द हैं शिमला बस अड्डे पर उमड़ी लोगों की भीड़ चलानी पड़ी अतिरिक्त बसें

दैनिक जागरण की एक खबर है हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी दर शून्य से भी नीचे

दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल में तीन दिन अंधड़ के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट अमर उजाला के अनुसार पूरे प्रदेश में आज येलो और कल से तीन दिन ऑरेंज अलर्ट

नमस्कार